मिलावटी दूध का कारोबार करने वालों की जांच शुरू स्वास्थ्य मंत्री ने दिये निर्देश दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ मुख्यमंत्री कमलनाथ हुए शामिल आरक्षण विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने आज पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के चार चार प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करने के निर्देश दिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल में यह मामला उठाया जिस पर काफी देर तक प्रक सवाल हुए अध्यक्ष श्री प्रजापति ने कहा कि नियम सभी श्रेणियों के लिए एक समान होना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रथाम श्रेणी के अधिकारी लगातार प्रमोशन पा रहे हैं इसके पहले सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय का आदेश सब पर लागू होना बताया है प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली हैं और काम रुके हुए हैं इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस बारे में राय लें विधानसभा कार्यवाही राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज अवकाश के दिन रविवार को शुरू हुई

सदन में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके विरूद्व विभागीय जांच अथवा कोई अन्य प्रकरण लंबित होने पर भी उसे अनंतिम पेंशन एंटीसिपेटरी पेंशन के साथ ही ग्रेच्युटी सरेंडर लीव जीआईएस आदि सभी स्वत्वों का भुगतान होगा उन्होंने यह घोषणा एक प्रश्न पर चर्चा के दौरान की वहीं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान एलान किया कि प्रदेश के दो शहरों को एनसीआर की तरह महानगर बनाया जायेगा इसका स्टेट कैपिटल रिजन भोपाल बनेगा और दूसरा शहर इंदौर होगा वहीं सदन में शून्यकाल के दौरान राजधानी भोपाल में होशंगाबाद रोड और मिसरोद के बीच कलियासोत पुल तक रेत का भंडारण होने और रात के समय मुख्य मार्गो के दोनों तरफ वाहनों के खड़े होने से आम लोगों को हो रही असुविधाओं पर उठे एक मामले में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने व्यवस्था दी कि पुलिस आवश्यक कार्यवाही करे मिलावटी दूध स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मिलावटी दूध का कारोबार करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है आज राज्य विधानसभा परिसर में उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी उन्होंने ग्वालियर संभागायुक्त को मामले की जांच के आदेश दिए हैं भोपाल से भी जांच दल ग्वालियर के लिए रवाना हो गया है

वहीं खाद्य एवं औषधि विभाग ने ऐहतियात के तौर पर विदिशा जिला मुख्यालय की कई दूध डेयरी केन्द्र और दुग्ध वितरण केन्द्रों पर पड़ताल शुरू कर दी है

राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिये सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कैम्पस एम्बेसडर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को बनाया जाएगा

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अच्छी खबर के दूसरे अंक में बात रीवा जिले की जिसने लिंगानुपात में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की

खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर कल भक्त विशेष प्रजा अर्चना के लिये पहंचेंगे उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी सावन सोमवार की विशेष तैयारियां की जा रही हैं कल बाबा महाकाल की शाही सवारी भी नगर भ्रमण के लिये निकलेगी होशंगाबाद जिले में भी सावन सोमवार पर नर्मदा स्नान के लिये भक्तों का आना शुरू हो गया है इसके अलावा कांवड़ यात्रा भी विभिन्न स्थानों से निकाली जाएगी निधन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर किया गया दिल का दौरा पड़ने से कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था

श्रीमती शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया था जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की अंतिम संस्कार में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए

मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी है जबकि राजधानी भोपाल में आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई

इंदौर के नेहरू स्टेडियम से पांच किलोमीटर की टैक्सोथान दौड़ हुई